झारखंड विधानसभा की बजट सत्र की कार्यवाही होली के अवकाष के बाद आज षुरू हो गयी है सदस्य सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं बाबूलाल मरांडी ने सदन को आष्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष के मामले में हंगामा नहीं होगा सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चल रही है विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष के मामले में जल्द निर्णय होगा

वही विधायक बादल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि तीन महीने के अन्दर कृषि नीति बना ली जाएगी और किसानों को राज्य के वातावरण के अनुकूल बीज उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उन्हें अच्छी उपज प्राप्त हो सके कमलेष सिंह और प्रदीप यादव ने राज्य के किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा का भी मामला उठाया सदस्यों नें डीवीसी द्वारा सात जिलों में बिजली कटौती पर भी चर्चा की भाजपा के प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष तेरह मार्च को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट के लिए प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष को उम्मीदवार बनाया है झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए तेरह मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष षिबू सोरेन ने कल राज्यसभा चुनाव के लिए यूपीए उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया पच्चीस मार्च को राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि डीवीसी द्वारा कमांड एरिया के सात जिलों में बकाए को लेकर अठारह अठारह घंटे डीवीसी द्वारा बिजली की कटौती किये जाने की जानकारी मिली है सरकार इस मामले की बहुत जल्द समीक्षा कर इसका सामाधान करेगी बिजली व्यवस्था बेहतर करना सरकार की प्राथमिकता है इधर विधानसभा में भी डीवीसी द्वारा बिजली कटौती का मामला सदस्यों द्वारा उठाया गया और सरकार से इस समस्या का समाधान करने की मांग की गयी पाकुड़ जिले की सैकड़ों महिलाएं ग्रामीण विकास विभाग की जोहार योजना के माध्यम से स्वावलंबी बन रही हैं

यह निर्णय कल से लागू हो जाएगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मंत्रिसमूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राजनयिक सरकारी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठनों रोजगार और परियोजना से संबंधित वीजा को छोड़कर बाकी सभी मौजूदा वीजा इस साल पंद्रह अप्रैल तक निलंबित रहेंगे ओसीआई कार्ड धारकों को प्रदान की गई वीजामुक्त यात्रा सुविधा पर भी पंद्रह अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी गयी है किसी अपरिहार्य कारण से भारत यात्रा पर आने वाला विदेशी नागरिक नजदीकी भारतीय द्रतावास से संपर्क कर सकता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि नये कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति को अब महामारी कहा जा सकता है संगठन के अध्यक्ष अधानोम घेब्रेयेसस ने जेनेवा में पत्रकारों को बताया कि वे इस वायरस के प्रसार और प्रकोप से निपटने के लिए की गई कार्रवाई को लेकर चिंतित हैं उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसके मरीजों और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है उन्होंने कहा कि सर्वाधिक दुष्प्रभावित देशों में से एक ईरान इसके प्रकोप पर नियंत्रण करने के सभी उपाय कर रहा है इधर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक लगा दी है कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग ने अपने आदेष में कहा है कि अगले आदेष तक कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर पर हाजिरी लगायेंगे कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है केंद्र सरकार के निर्देष पर राज्यभर में कोरोना वायरस की रोकथाम बचाव और फैलाव रोकने की पूरी तैयारी की गयी है रांची के रिम्स समेत सभी जिला अस्पतालों में तैयारी की गयी है रिम्स में आयसुलेषन वार्ड तैयार है और यहां मॉक ड्रिल भी किया गया है अबतक चार मरीजों के सैंपल जांच के लिए कोलकाता भेजे गये हैं उधर गिरिडीह जिला प्रषासन भी कोरोना वायरस को लेकर गंभीर है

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में खेला जायेगा यह मैच अब से कुछ देर बाद डेढ़ बजे शुरु होगा आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल दिन में एक बजे से हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से प्रसारित किया जा रहा है इसे एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

यह एक महीने में दूसरी और मौजूदा वित्त वर्ष में दसवीं कटौती है बैंक ने दो करोड़ रुपए से कम धन राशि की खुदरा अवधि जमा पर कुछ मामलों में दस से पचास आधार अंकों की कटौती की है

अब सभी बचत खाता धारकों को जीरो बैलेंस खाते की सुविधा मिलेगी मेट्रो शहरों के बचत खाता धारकों को औसत तीन हजार रुपये छोटे षहरों में दो हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के बचत खाता धारकों को एक हजार रुपये अपने खाते में रखने होते थे

पष्विमी विक्षोम के कारण राज्य भर में वर्षा के साथ तेज रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है साथ ही ओला वृष्टि की भी संभावना है